उन्होंने कहा कि लोगों को स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिसकर्मियों के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए उन्होंने लगातार काम कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों और प्लिसकर्मियों के समर्पण के महत्व से लोगों को अवगत कराने पर बल दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में अफवाहों को रोकने में आकाशवाणी की भूमिका महत्वपूर्ण है कल नई दिल्ली में रेडियो प्रसारकों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए श्री मोदी ने उनसे अफवाहों को रोकने पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि रेडियो प्रसारकों को विशेषज्ञों के विचारों को देने के साथ साथ सरकार दवारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी लोगों को देनी चाहिए उन्होंने रेडियो कार्यक्रम प्रस्त्तकर्ताओं से लोगों के समक्ष आ रही कठिनाइयों और च्नौतियों का भी उल्लेख करने को कहा ताकि सरकार इनके समाधान के लिए प्रयास कर सके उन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए रेडियो प्रसारकों की सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम प्रस्त्तकर्ता कार्यक्रमों के जरिए करोडों लोगों के परिवार का एक हिस्सा बन जाते हैं लोग उन्हें न केवल स्नते हैं बल्कि उनकी बातों पर अमल भी करते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने निर्धनों और स्विधा वंचित लोगों की मदद के लिए अनेक उपायों की घोषणा की है और इनके बारे में लाभार्थियों तक जानकारी पहंचाना जरूरी है ताकि घोषित उपायों का लाभ उन्हें मिल सके प्रधानमंत्री ने कहा कि सकारात्मकता के साथ एकज्टता इस च्नौती से निपटने में सफल माध्यम बनेगी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव रवि मित्तल ने भी कार्यक्रम में भाग लिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त करते हए श्री खांड्र ने केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान समाज के सभी स्तरों की मदद करने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की

एक और महत्वपूर्ण घोषणा उन परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई है जिनकी आजीविका लॉकडाउन के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हई है म्ख्यमंत्री ने उपाय्क्तों से ऐसे परिवारों की पहचान करने और राशन या नकदी के रूप में सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है

इसका आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा हिन्दी प्रसारण के त्रंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा जिसे रात आठ बजे क्षेत्रीय भाषाओं में दोबारा स्ना जा सकता है